मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा और किसान रेलगाडियों की मदद करेगा

उद्योग हो व्यापार कारोबार हो किसान हो या फिर कन्ज्यूमर हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबार मलियाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेजर उद्योग भदौही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाडियां चला सकेगा बाइट मालगाडियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्रि ट्रेन की लेटलतीफी समस्या कम होगी द्सरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी तीन गुना से ज्यादा हो जायेगी और मालगाडियां पहले से दोगुना तक सामाना की ढुलाई कर पायेंगी मालगाडियों जब समय पर पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जायेगा जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा यही नहीं देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा ईज ऑफ डूईग बिजनेस बढ़ेगी निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा देश में रोजगार के स्वरोगार के अनेक नये अवसर भी तैयार होंगे श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के विकास में संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ की हड्डी और धमनियों का होता है उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह भावी पीढियों के लिए है बाइट मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं यह मानसिकता देश के इफ़ास्ट्रक्चर को देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है हमें याद रखना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये संपत्ति किसी नेता की किसी दल की किसी सरकार की नहीं है ये संपत्ति देश की है ये संपत्ति आपकी है देश को नागरिकों की है हमारे हर गरीब का हर करदाता का मध्यम वर्ग का समाज के हर वर्ग का इसके पसीना लगा हुआ है उसका पैसा लगा हुआ है इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब देश के सामान्य जन को चोट इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्री य दायित्वोंउ को भी नहीं भूलना चाहिए इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह नया गलियारा बेहद महत्वपूण है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और इससे विकास के लिए नया माहौल बनेगा मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि रेलवे की नई निर्माण इकाइयों से राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को भी मदद मिलेगी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना के नये स्ट्रेन को देखते हुए जांच लैब को उच्चीकृत करने तथा उनमें सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये सक्रिय होकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये

उन्होंने लोगों को लगातार जागरूक करते रहने और सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ जनपद में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये काटेक्ट ट्रैसिंग में बढ़ोत्तरी की जाये उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि कोविड अस्पतालों में औषधियों मेडिकल उपकरण और आक्सीजन की बैकअप सहित पर्याप्त उपलब्धता रहे चिकित्सक लगातार राउंड कर वहां पर भर्ती मरीजों को देखते रहे लोगों को विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा कोरोना के बारे में जागरूक किया जाये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

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने लखनऊ में माघ मेले की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि मेले में सभी कल्पवासियों की कोविड प्रोटोकॉल के अन्तर्गत आरटीपीसीआर जांच अवश्य कराई जाये उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में सैनिटाइजेशन के कार्य को नियमित कराया जाये और श्रद्वालुओं के लिये आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं और ऐम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये श्री तिवारी ने बताया कि माघ मेला के लिये सत्रह विद्युत उपकेन्द्रों के सापेक्ष पांच विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष बारह उपकेन्द्रों पर कार्य प्रगति पर है मेले में दो सौ छियानवे किलोमीटर ओवर हैड विद्युत लाइनों के निर्माण कार्य के सापेक्ष सत्तर प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है इसके अलावा बारह हजार स्ट्रीट लाइटों के सापेक्ष चार हजार स्ट्रीट लाइटों को लगाने का कार्य भी पूरा हो गया है प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज राजधानी लखनऊ में विभिन्न विद्युत वितरण उपकेन्द्रों का निरीक्षण किया बिजली मंत्री ने निर्देश दिया कि आगामी गर्मियों को देखते हुए समुचित विद्युत आपूर्ति के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाये जिससे लोगों को निर्बाधरूप से बिजली मिलती रहे उन्होंने कहा कि गर्मियों में ट्रिपिंग संबंधी कोई समस्या नहीं होनी चाहिये श्री शर्मा ने कहा कि राजधानी लखनऊ सहित अन्य स्थान पूरी तरह से ट्रिपिंग मुक्त होने चाहिये मीटरों की जम्पिंग और मीटरों के तेज चलने की शिकायतो पर उन्होंने अविलम्ब मीटर चेक कराने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि बकाया विद्युत बिलों के कारण बिजली काटने के बजाये लोगों के दरवाजे खटखटाकर विद्युत शुल्क वसूला जाना चाहिये उन्होंने कहा कि डिश कनेक्शन कोई विकल्प नहीं है उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये सभी उपभोक्ताओं को बिजली का बिल सही समय पर उपलब्ध हो जाये अधिकारी उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुने और उनका यथाशीघ्र निराकरण करे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार चौवालीस नये मामले सामने आये इस दौरान इससे ज्यादा एक हजार तीन सौ उन्हत्तर कोरोना रोगी ठीक हुए अब तक प्रदेश में पांच लाख इकसठ हजार दो सौ सत्तावन कोरोना रोगी ठीक हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या घट कर चौदह हजार तीन सौ चौवालीस हो गई है कल हुई अट्ठारह मौतों को मिलकार कोरोना से मरने वालों की संख्या प्रदेश में अब आठ हजार तीन सौ चालीस हो गई राज्य में अब तक कुल दो करोड़ छत्तीस लाख चालीस हजार नौ सौ दो कोरोना के नमूनों की जांच को गई जिनमें से पांच लाख तिरासी हजार नौ सौ इकतालीस लोग संक्रमित पाये गये

इस अवसर पर आज जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिला मुख्यालय पर स्थित सिद्वार्थ चौराहे बर्डपुर चौराहे आदि स्थानों पर भगवान बुद्ध की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु में पहुंच कर दीप प्रज्ज्वलित कर कम्बल का वितरण किया इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सिद्वार्थनगर जिला भगवान बुद्ध की तपोंस्थली रही है और यह आज देश के आकांक्षी जिलों में शामिल होने के चलते विभिन्न कल्याणकारो योजनाओं का फायदा ले रहा है